इनमें सफर के लिए रोडवेज की वेबसाईट मोबाईल एप तथा ई मित्र केन्द्रों के जरिये टिकिट बुक कराया जा सकता है रोडवेज के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने बताया कि ये बसें जयपुर धौलपुर करौली अलवर बांसवाडा प्रतापगढ दौसा टोंक श्रीगंगानगर और हनुमानगढ जिले में चलाई जा रही है

ये बसें सुबह सात से शाम सात बजे तक ही संचालित की जानी है इनको रवाना करने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह धौलपुर से जयपुर के लिए सात यात्रियों को लेकर रोडवेज की बस रवाना हुई इससे पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई वहीं झालावाड जिला मुख्यालय से बारां होते हुए जयपुर के लिए बस रवाना हुई

प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए जा सकें इसके लिए विशेष बसें चलाई जाएगी राज्य सरकार के आग्रह पर उत्तराखण्ड सरकार ने अस्थी विसर्जन के लिए बसों के आवागमन की सहमति दे दी है परिवार के दो या तीन सदस्य इन बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में इस संबंध में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान से हरिद्वार और अन्य अस्थी विसर्जन स्थलों के लिए रोजाना चार या पांच बसें संचालित होगी ये बसें संभागीय मुख्यालयों से और उसके बाद आवश्यकतानुसार जिला मुख्यालय से चलाई जायेगी रेलवे ने देशभर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली दो सौ तीस रेलगाडियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं

आकाशवाणी के जरिये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनायेगा

रमजान का चांद आज दिखाई दिया तो ईद का त्यौहार कल मनाया जायेगा ऐसा नहीं हुआ तो यह सोमवार को मनाया जायेगा सेन्ट्रल हिलाल कमेटी भी चांद देखेगी और दूसरे जिलों और राज्यों से चांद दिखने की रिथति जानेगी इसके बाद ईद मनाने की तारीख का ऐलान होगा इस बीच आज प्रदेश में दाउदी बोहरा समाज ईद उल फितर का त्यौहार मना रहा है

ब्रंदी जिले में भी दाउदी बोहरा समाज के लोग ईद का त्यौहार मना रहे है प्रदेश में तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है लोग गर्मी से बचने के लिए कई तरह के उपाय करते नजर आ रहे है